कल ओडिशा के बारिपदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य सबका साथ साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम करते हुए देश का सम्पूर्ण विकास करना है उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास कर रही है ताकि आम लोगों के जीवन को आसान बनाया जा सके

बीते साढ़े चार वर्षो से सरकार ने ऐसे विकास का रास्ता चुना है जिस पर नए भारत की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण हो सके विकास का सीधा असर सामान्य मानवी की जीवन पर पड़ता है और इसलिए हमारा फोकस ब्रनियादी सुविधाओं पर है

एक समाचार पोर्टल ने हाल ही में एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि पत्र सूचना कार्यालय ने पिछले महीने एक टेंडर जारी किया है जिसमें प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर खबरों के संग्रह विश्लेषण और फोडबैक के लिए निजी एजेंसियों से प्रस्ताव माँगे गये हैं अपने ट्वीटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट के जरिए सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समाचारों के संग्रह क लिए पहले भी इसी प्रकार के अनुबंध जारी किये गये थे

हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस मामल में दर्ज एफआई आर के अनुसार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जाँच के दायरे में हैं दो हजार बारह से दो हजार तेरह के दौरान खनन विभाग का प्रभार उनके पास था केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो खनन विभाग के तत्कालीन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति से भी पूछताछ कर सकती है इसके अलावा दो हज़ार बारह से दो हज़ार सोलह के दौरान राज्य के तत्कालीन खनन मंत्रियों की भूमिका की भी जांच की जा सकती है सीबीआई ने कल इस सिलसिले में हमीरपुर जालौन नोएडा कानपुर लखनऊ तथा दिल्ली में बारह स्थानों पर छापे मारे थे छापे के दौरान अवैध बालू खनन से संबंधित अभिलेखा के अलावा भारी मात्रा में नकदो और सोना बरामद किया गया है

केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है जबकि सुनील ओझा सहप्रभारी बनाये गये हैं इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता और देवरिया से सांसद कलराज मिश्र को हरियाणा प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है श्री नड्डा भाजपा केन्द्रीय संसदीय बोर्ड के सचिव भी हैं और उनका शुमार पार्टी चुनिन्दा रणनीतिकारों में होता है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

श्री मौर्य आज बागपत में त्रिस्तरीय पंचायत सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मलकपुर मोदीनगर और किनौनी चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान न करने के मामले को वह कल ही कैबिनेट बैठक में रखेंगे और क्षेत्र के गन्ना किसानों की इस दिक्कत का निदान किया जोयगा इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने छियासठ करोड़ रूपये लागत की सड़क परियोजनाओं सहित अन्य विकास कार्यो का लाकोर्पण और शिलान्यास भी किया

राजधानी लखनऊ में दोपहर में हल्की बूंदाबांदी और सर्द हवाओं से मौसम में खासा परिवर्तन महसूस किया गया बलरामपुर में तेज हवायें चलने से ठण्ड में व्रद्धि हो गयी है जिले में कई दिनों से गलन भरी ठण्ड से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है सुल्तानपुर जिले के कई गाँवों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि हुई है वहीं पीलीभीत जिले में हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ है रिपोर्ट पीलीभीत जिले में आज सुबह से मौसम का मिज़ाज बदल गया कई जगह हल्की बंदाबांदी हुई हजारा व भगवंतापुर क्षेत्र में ओलावृष्टि होने की सूचना है साथ में तेज बर्फीली हवायें चलने से मौसम काफी सर्दीलॉ हो गया लोगों को राहत देने के लिए जहाँ शहर में अलाव लगवायें गये हैं वही जरूरतमंदों को कंबल बांटे जा रहे हैं सदी में इज़ाफ़ा होने के चलते लोगों की समस्या बढ़ गयी है

उधर गोण्डा के खरगूपुर गाँव में आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो जाने की खबर है इस बीच मौसम विभाग ने लखनऊ बाराबंकी बहराईच श्रावस्ती गोण्डा सीतापुर हरदोई इलाहाबाद प्रतापगढ़ सुल्तानपुर और जौनपुर जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की सम्भावना व्यक्त की है

पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र बहादुर ने आज मऊ में मीडिया को बताया कि इन तस्करों के कब्जे से चार लाख अठ्ठावन हजार रूपये के नकली नोट और दस लाख साठ हजार रूपये के ऐसे नोट बरामद हुए हैं जिन पर भारतीय बच्चों का बैंक प्रिंट है

आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि जनपद भर घूम रहे छुट्टा पशुओं के आतंक से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए इनका निर्माण कराया जा रहा है जहाँ इन पशुओं की देखरेख की जायेगी पश्पालन विभाग के अनुमान के मुताबिक इस वक्त ज़िले में छुट्टा पशुओं की संख्या तकरीबन पन्द्रह हजार है यह छुट्टा पशु न सिर्फ किसानों की फ़सलों को बर्बाद कर रहे हैं बल्कि दुर्घटनाओं का कारण भी बने हुए हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुम्म मेले से सम्बन्धित तैयारियों का जायज़ा लेते हुए अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश दिये थे इस बीच प्रदेश सरकार के मंत्री विभिन्न प्रदेशों में जाकर वहाँ के मुख्यमंत्रियों राज्यपालों और आम जनता को इस आध्यात्मिक और धार्मिक समागम में शामिल हाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं

इस धार्मिक समागम में एक सौ बान्नबे देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और इस पर तक़रीबन चार हजार तीन सौ करोड़ रूपये खर्च कर श्रद्धालुओं के लिए सभी तरह की उच्च स्तरीय सुविधायें मुहैया करायी जा रही हैं

यात्रा वृतान्त ओंकारेश्वर से अमरनाथ में ज्योर्तिलिंगों की यात्रा कोणार्क और अमरनाथ सहित विभिन्न आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा का सजीव चित्रण किया गया है

वह कल लखनऊ में विद्यान्त हिन्दू स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्थापना दिवस के समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस संस्था का विशेष स्थान है समारोह को राज्यमंत्री स्वाती सिंह ने भी सम्बोधित किया इस अवसर पर संस्था की पत्रिका साक्षी का विमोचन भी किया गया